मुख्य विकास अधिकारी भी इन गांवों में जाकर विकास कार्यो का भौतिक निरीक्षण करेंगे आदर्श सांसद ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों का आउटकम आधारित थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाए उन्होंने कहा कि आदर्श गांवों के लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए आदर्श गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए उन्होंने चयनित गांवों को पॉलिथीन मुक्त बनाने के भी निर्देश दिये

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई टिहरी में जलवायु परिवर्तन मुद्दे जैव विविधता का संरक्षण और हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है सम्मेलन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व की समस्या है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का निजी तौर पर सहयोग बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बुद्धिजीवी शिक्षक वर्ग शोधार्थी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए अपने विचार साझा करें ताकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें राज्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार सजग है इसी के तहत गंगा सरंक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन किया है श्री रावत ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार आदि की आयोग द्वारा नियुक्ति की जाएगी प्राचार्यों की तैनाती भी जल्द की जाएगी बैंकर्स बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने और प्रत्येक स्तर पर लम्बित प्रकरणों और आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिये है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकर्स को पर्वतीय जनपदों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए ताकि प्रगति के सही और वास्तविक आंकड़ों का संकलन किया जा सके इसके अलावा मुख्य सचिव ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को जिले के सभी बैंकों और विभागों का पूरी तरह डिजिटाईजेशन की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा

इसके लिए उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा का चयन किया गया है प्रशिक्षण कार्यशाला अल्मोड़ा में औषधीय पौधों और वन उपज के सतत प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून और जीबी पंत अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों ने पिरुल से बने उत्पादों औषधीय पौधों की खेती नर्सरी वन के महत्व वनों से मिलने वाले चारे और लकड़ी आदि की विस्तार से जानकारी दी गई कार्यशाला में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक डॉएके पांडे ने कहा वनों के लगातार दोहन होने से वन प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन प्रभाग के वन कर्मी किसान गैर सरकारी संगठन वन पंचायत और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया कार्यशाला में मौजूद डीएफओ कुंदन कुमार ने वनों में होने वाली उपज की जानकारी दी जीबी पंत के वैज्ञानिक डॉ सतीश चंद्र आर्या ने वनों की आग के कारण होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों के बारे में बताया राज्यपाल जीबीपंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के छात्रावास में एक छात्रा द्वारा वार्डन के विरूद्ध की गई शिकायत को राज्यपाल और कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य ने गंभीरता से लिया है उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की छात्राओं को हर प्रकार से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं इसके साथ ही राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों के प्रबंधन के संबंध में कुलपति से रिपोर्ट तलब की है याचिका सुनवाई हाईकोर्ट ने नैनीताल के रामजे हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बीडी पांडे हॉस्पिटल में मर्ज करने और उसके स्थान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय और एक डिस्पेंसरी खोलने के विरुद्व दायर जनहित याचिका की सुनवाई की हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है आज सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि रामजे हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बहुत कम है इसलिए इसे बीडी पांडे हॉस्पिटल में मर्ज किए जा रहा है उसके स्थान पर मुख्य चिकित्साधिकारी का कार्यालय और एक डिस्पेंसरी खोली जा रही है कुंभ मेला बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कम्भ मेले से जुड़े अधिकारियों को सभी कार्यों का स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्वता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये हैं कुम्भ मेले के आयोजन से सम्बन्धित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के निर्माण कार्यो में और अधिक तेजी लाने के लिये डबल शिफ्ट में कार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए मेले से सम्बन्धित जितने भी पुलों का निर्माण किया जाना है उनके निर्माण की समय सीमा निर्धारित कर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास किया जाए मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले के सफल आयोजन के लिये सभी अखाड़ों से समन्वय कर उनके सुझावों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि अगर निजी संस्थायें स्वयं के व्यय पर स्नान घाटों का निर्माण करती है तो इसके लिये उन्हें डीपीआर और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए उन्होंने मेले में ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिससे श्रद्वालु यहां से सुखद अनुभव के साथ लौंटे

वैश्विक स्तर के इस मेले में दुनिया भर के देशों से करोड़ों श्रद्वालु आएंगे इसलिए इसकी व्यापक व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कुम्भ क्षेत्र के सीमांकन के साथ ही नये क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें विकसित करने पर ध्यान देने के निर्देश दिये

मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मेले के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही

जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में आज से ऐतिहासिक जौलजीबी मेला शुरू हो गया है नेपाल सीमा पर काली गोरी नदी के संगम पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है मेले में भारत नेपाल चीन भूटान और तिब्बत के व्यापारी अपने देश के प्रसिद्ध उत्पादों का व्यापार करते हैं मातृ शक्ति बाल दिवस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस पर आज प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गए राज्य में विभिन्न स्थानों पर मातृ शक्ति कुपोषण और पुष्टाहार पर कार्यक्रम आयोजित किये गए बागेश्वर में आज मातृ शक्ति सम्मेलन और बाल दिवस का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ऐतिहासिक नुमाईशखेत मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले के तमाम क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी सफलता के अनुभव भी साझा किये कार्यक्रम में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाये गए इस अवसर पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने उन माता पिता धन्यवाद दिया जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं कार्यक्रम में बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया

इस दौरान अभिभावकों को कृपोषण और बच्चों के पालन पोषण से संबंधित योजनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई प्रतियोगिता के दौरान स्वस्थ बच्चों को को पुरस्कृत किया गया प्रतियोगिता का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना था उधर अल्मोडा में उदयशंकर नाट्य अकादमी में फिल्म क्लब की शुरूआत की गयी क्लब केखलने के बाद यहां स्कूली बच्चों को हॉलीव्ड बॉलीव्ड सहित तमाम प्रेरणादायक फिल्में दिखायी जाएंगी इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी वहीं उत्तरकाशी में बाल फिल्म महोत्सव का श्भारंभ किया गया

हेल्पलाइन पोर्टल अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को सीएम हैल्पलाईन पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिये सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाना है जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रत्येक अधिकारी रोज कम से कम एक बार पोर्टल पर जाकर शिकायतों की स्थिति देखें उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने को भी कहा